कार्यक्रम में श्री मोदी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का समूचे देश में विस्तार भी करेगे

प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का प्रदेश के सभी विद्यालयों में प्रसारण किया जाएगा

अपने संदेश में श्री मोदी ने कहा कि देश महिलाओं के नेतृत्व में विकास की ओर आगे बढ़ रहा है

इस अवसर पर प्रदेशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं भीलवाडा और झालावाड में महिला मैराथन दौड आयोजित की गई जिसमें विजेताओं को पुरस्कार दिये गये

इससे पहले कल जयपुर में महिला और बाल विकास विभाग की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया कार्यक्रम में जयपुर मेर्ट्रो द्वारा देश के पहले महिला शक्ति मेट्रो स्टेशन के रूप में श्याम नगर स्टेशन को सम्पूर्ण महिलाओं द्वारा संचालित करने पर सम्मानित किया गया

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में इस बारे में निर्णय लिया गया विधेयक में वाणिज्यिक विवाद के दायरे में एक करोड़ रुपये के बजाय तीन लाख रुपये तक के विवाद भी आयेंगे

राजस्थान से भूपेन्द्र यादव को फिर से प्रत्याशी बनाया गया है उत्तरप्रदेश से अरूण जेटली महाराष्ट्र से प्रकाश जावडेकर मध्यप्रदेश से थावरचन्द गहलोत और धमेन्द्र प्रधान गुजरात से मनसुख माण्डविया और परषोत्तम रूपाला हिमाचल प्रदेश से जगत प्रकाश नड्डा और बिहार से रवि शंकर प्रसाद उम्मीदवार होंगे

अब राज्य में गेह की फसल को किसान ऑफलाइन भी बेच सकेंगे इस संबंध में मुख्य सचिव ने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं

यह राशि स्मार्ट सिटी फण्ड से दी जायेगी

पुलिस आयुक्त संजय अग्रवाल ने बताया कि तीनों आरोपी रोमानिया के रहने वाले हैं